राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेटे बेटियों में समानता बनाने का किया आहवान

ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया सिद्धपुर में एक चुनावी रैली में मतदाताओं से उन्होंने पार्टी प्रत्याशी विशाल नैहरिया के पक्ष में वोट डालने की अपील की उन्होंने दावा किया कि अपने कार्यकाल में प्रदेश की भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों का समान विकास किया है और इस उपचुनाव में पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी उधर सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र में भी दोनों पार्टियां प्रचार में जुटी हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज पार्टी प्रत्याशी गंगूराम मुसाफिर के पक्ष में अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और राज्य कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नंदक्मार साई के नेतृत्व में आयोग के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शिमला में मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जनजातीय क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यो का जायजा लिया बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में नंदकुमार साई ने कहा कि हिमाचल में अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों व जड़ीबूटियों का संरक्षण किया जाना चाहिए

जलेब कल्लू में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की धूम है मेले के दौरान हर दिन भगवान नरसिंह की जलेब निकाली जाती है जिसमें अलग अलग जगहों के देवी देवता भाग लेते हैं जलेब में भगवान नरसिंह का घोड़ा सबसे आगे चलता है और देवी देवताओं के कारकून गाते बजाते चलते हैं इस जलेब में गद्दी में भगवान नरसिंह की तलवार और ढाल होती है ये जलेब उत्सव का मुख्य आकर्षण है

इस बीच आज मेले की चौथी सांस्कृतिक संध्या में ज्योतिका टांगरी और क्शल पाल अपनी मधुर आवाज से लोगों का मनोरंजन करेंगे

आपदा जोखिम को लेकर आज अनेक स्थानों पर मॉकड़िल का आयोजन किया गया जिसमें आगजनी की रिथति में राहत व बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया मण्डी में उपायुक्त कार्यालय में हई मॉकड़िल में लोगों को आग लगने के समय राहत व बचाव के तरीके बताए गए शिमला ऊना केलंग सोलन बिलासपुर और अन्य स्थानों पर भी मॉकड़िल का आयोजन किया गया जागरूकता अभियान के दौरान शिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन पर नारा लेखन व क्विज जैसी प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी सुभाष ठाकुर बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाक्र ने आज बंदला पहाड़ी पर पैराग्लाईडिंग स्थल का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि बंदलाधार की पैराग्लाईडिंग टेक ऑफ साईट अब नए रूप में दिखेगी उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस साईट को विकसित करने के निर्देश दिए सुभाष ठाकुर ने कहा कि बंदला में जल्द ही देश की पहली पैराग्लाईडिंग एक्रो प्रतियोगिता करवाई जाएगी

इसका उद्देश्य बालिकाओं के सामने चुनौतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना उनका सशक्तिकरण करना और उन्हें उनके अधिकार देना है इस अवसर पर केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया है कि वे समाज में लड़के लड़कियों के बीच समानता सुनिश्चित करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए प्रतिबद्धता बनाये रखें इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर समाज में बेटियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया सोलन में हुए कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया

उन्होंने लोगों से बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर देने का आहवान किया

सोलन में आज एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से जम्मू कश्मीर में विकास गतिविधियां बढ़ेंगी अंसारी ने कहा कि हर भारतीय चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा उपच्चनाव में भाजपा पर एक बार फिर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है कांग्रेस वाररूम के प्रभारी हरीकृष्ण हिमराल ने कहा कि उन्होंने राज्य चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत की है और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए है मौसम प्रदेश में आज से मॉनसून विदा हो गया है सामान्य रूप से मॉनसून सितम्बर के आखिरी सप्ताह में विदा हो जाता है लेकिन इस बार इसकी अवधि लम्बी रही

इस बीच अधिकांश भागों में सुबह शाम के तापमान में गिरावट लगातार जारी है

उपरी इलाकों में सुबह शाम काफी ठण्ड महसूस की जाने लगी है मौसम विभाग ने अगले चार पांच दिन अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की सम्भावना जताई है